राज्य में पिछले चौबीस घंटे में इस वर्ष का रिकॉर्ड चार सौ अठारह नए कोरोना मरीज मिले संक्रमितों की संख्या बढ़ कर हुई दो हजार दो सौ चौवन मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की होगी जांच कुल आठ प्रत्याशियों ने भरा है पर्चा रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बह रही है गर्म हवा जमशेदपुर पलामू गढ़वा लातेहार कोडरमा और चतरा जिले में पारा बयालीस डिग्री तक पहुंचा

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

वे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के शासक मंडल की छठी वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही थीं बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है वित्तनमंत्री ने एनडीबी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं और वित्तीय बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक नवाचार की तलाश करें

पिछले चौबीस घंटे में चार सौ अठारह नए मरीज मिले हैं यह पिछले तीन महीनों के दौरान एक दिन में संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है इस दौरान तीन संक्रमितों की मौत भी हो गई जबकि एक सौ उनतीस लोगों ने कोरोना को मात दी एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से दो सौ बासठ जमशेदपुर से चौंतीस कोडरमा से इक्कीस गुमला से सोलह बोकारो से बारह और जामताड़ा से दस संक्रमित मिले हैं पूरे राज्य में अबतक एक लाख तेईस हजार पांच सौ आठ मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख बीस हजार एक सौ इकतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार एक सौ तेरह लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या दो हजार दो सौ चौवन हो चुकी है

वहीं विभिन्न थानों में क्ल तिरपन प्राथमिकियां दर्ज की गई पुलिस मुख्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं इसके तहत सबसे ज्यादा गिरिडीह में एक हजार दो सौ सत्तर हजारीबाग में एक हजार बयालीस और धनबाद में एक हजार सोलह और रांची में नौ सौ चौतीस के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई कोरोना जांच रांची जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हए धारा एक सौ चौवालीस की समयावधि को तीस मार्च से बढ़ाकर तीस अप्रैल कर दिया गया है इस दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जुलूस रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा इधर कोरोना जांच की गति तेज करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हई बैठक में इसकी कार्ययोजना तैयार की गई इसके तहत आठ मार्च तक सभी बड़े संस्थान दुकान रेस्टोर्रेट के प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया बिल्डर एसोसिएशन और ऑटो रिक्शा यूनियन को भी कोरोना जांच कराने को कहा गया है वहीं सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट कराना होगा

केंद्र निर्देश केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनायें राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीसों घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है

नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से हफीजुल हसन और भारतीय जनता पार्टी के गंगा नारायण सिंह के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किशन बथवाल बबलू यादव अशोक शर्मा अशोक कुमार मोदी राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार ठाकुर ने नामांकन किया है इस सीट के लिए सत्रह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे जबकि दो मई को मतगणना होगी राज्यपाल गुमला दौरा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के माझाटोली में सेवानिवृत सैनिकों के लिए बनाए गए ओल्ड एज होम का उदघाटन करेंगी वे सैनिकों तथा उनके आश्रितों तथा उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी करेंगी राज्यपाल इस प्रखंड में संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के साथ यहां से प्रशिक्षण ले चुकी युवतियों को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी उग्रवादी गिरफ्तार लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर चौक के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के तीन और टीपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है उग्रवादियों के पास से लगभग साढ़े चार लाख रुपए नकद और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया सड़क निर्माण राज्य के उग्रवाद से प्रभावित सोलह जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सौ पच्चीस सड़कों का निर्माण होगा नए वित्तीय वर्ष में बनने वाली इन सड़कों की कुल लम्बाई लगभग सात सौ अस्सी किलोमीटर होगी वहीं बारह नए पुल भी बनाए जाएंगे इनके निर्माण पर लगभग सात सौ पच्चासी करोड़ रुपए खर्च होंगे जिन जिलों में सड़के बनेंगी उनमें बोकारो चतरा दुमका पूर्वी सिंहभूम गढ़वा गिरिडीह गुमला हजारीबाग खूंटी लातेहार लोहरदगा पलामू रामगढ़ रांची सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया

इस साल पहली अक्तूबर से नियम लागू होना प्रस्तावित है परमिट छूट सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने वाले वाहनों के परमिट में छूट इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढूलाई और इन्हें लाने ले जाने में आसानी होगी जिससे कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ा जा सकेगा मौसम मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में हीटवेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया है इस दौरान अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है विभाग के मुताबिक अगले बहतर घंटे तक मौसम के गर्म रहने की संभावना है इस दौरान कुछ हिस्सों में लगभग पचास किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी इधर कल जमशेदपुर पलामू गढ़वा लातेहार कोडरमा और चतरा जिले में पारा बयालीस डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्ज किया गया वहीं रांची का अधिकतम तापमान उनचालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि तीन अप्रैल के बाद बंगाल की खाड़ी से नम हवा के बहने का असर झारखंड में भी देखते को मिल सकता है इस दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और लोगों को गर्मी से छोड़ी राहत मिल सकती है

प्रभात खबर ने राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक जेवर कारोबारी से हुई सोना लूट मामले में सात अपराधियों के गिरफ्तार किए जाने की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है

दैनिक भास्कर ने एक अप्रैल से कई नियमों में हो रहे बदलाव और हजारीबाग में राज्यपाल द्वारा कीर्ति स्तंभ के उदघाटन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने चाईबासा में चोरी के शक में युवक की पीट पीटकर की गई हत्या की खबर को पहले पन्ने पर छापा है